प्रदेश में कल से विभिन्न मार्गों पर रोडवेज की बसों का संचालन होगा शुरू

वहीं ऊन को कृषक कल्याण शुल्क से मुक्त रखा जाएगा श्री गहलोत ने कल खाद्य पदार्थ के कारोबार से जुडे प्रदेशभर के व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया

परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि राज्यभर में आवागमन में परेशानी के मद्देनजर यह निर्णय किया गया है उन्होंने कहा कि लोगों को राहत देने के लिए अब सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू करना जरूरी हो गया है उन्होंने बताया कि प्रदेशभर में बसों का संचालन कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए निर्धारित सभी गाइडलाइन की पालना के साथ किया जाएगा इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में लॉकडाउन लागू होने के बाद विभिन्न कारणों से दिवंगत हुए लोगों के परिजन अस्थि विसर्जन के लिए जा सकें इसके लिए विशेष बसें चलाई जाएगी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार से इन बसों के संचालन पर सहमति के लिए शीघ्र वार्ता की जाएगी

यात्रियों की केवल वेब चेक इन की अनुमति होगी

उन्होंने बताया कि प्रवासियों का होम क्वारेंटीन नहीं होकर संस्थागत क्वारेंटीन ही होगा उन्होंने विदेशों से आने वाले प्रवासियों के परिजनों से आग्रह किया है कि उनसे मिलने एयरपोर्ट और क्वारेंटीन वाले स्थानों पर नहीं जाए श्री अग्रवाल ने बताया कि यात्रियों के जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर आरोग्य सेतु और राजकोविड इन्फो एप को डाउनलोड करना आवश्यक होगा

करौली से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में टिड्डियों के हमले से किसान चिंतित है हालांकि फसल कटाई होने से ज्यादातर खेत खाली है लेकिन सब्जियों और हरे चारे को भारी नुकसान की आशंका है

श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जुली ने बताया कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान अब तक करीब दो लाख श्रमिकों और प्रवासियों को प्रदेश से विभिन्न राज्यों में भिजवाया गया है जबकि पौने सात लाख प्रवासियों को राजस्थान लाया जा चुका है

प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए उनके सुझाव मांगे है

इस अवसर पर कोन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि राजाराम मोहनराय एक महान समाज सुधारक थे सामाजिक क्रीतियों को समाप्त करने के उनके प्रयासों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है

इसे देखते हुए मुस्लिम धर्म गुरूओं ने नमाज घर पर ही अदा करने की अपील की है जयपुर की जामा मस्जिद की इंतिजामिया कमेटी के सदर नइमुद्दीन कुरेशी ने सभी लोगों से गुजारिश की है कि जमातुलविदा और ईद पर भी घर में ही नमाज अदा करें

सुबह से ही सूरज की तपिश लोगों को बेहाल करने लगी है वहीं लू ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं

बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि लोग सुबह से ही तेज गर्मी से परेशान है